आज नई दिल्ली में निर्माण प्रौद्योगिकी पर केन्द्रित एक सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के शासन के दौरान बने मकानों की गृणवत्ता और आकार में भी सुधार हुआ है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

हम इस डिमांड को प्ररी कर पाए

श्री मोदी ने कहा कि भारत में तेजो से शहरीकरण हो रहा है और नये मकानों के निर्माण की ज़रूरत है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

मध्यम वर्ग के लिए बन रहे घरों के प्रोजेक्ट में फंडिंग की समस्या ना हो इसके लिए अर्फोडेबल हाउसिंग फंड भी बनाया गया है प्रधानमंत्री ने बेहतर निर्माण के लिए उन्नत तकनीक अपनाने का आह्वान किया और कहा कि सरकार आपदाओं को झेल सकने वाले तथा ऊर्जा का किफायती उपयोग करने वाले मकानों के निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है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 केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद के समूल नाश के लिये निर्णायक संघर्ष का समय आ गया है

श्री सिंह ने कहा कि देश आज सुरक्षित है तो इसका श्रेय हमारी सेना और अर्द्व सैनिक बलों को जाता है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को खत्म करने में खूद को सक्षम नहीं पा रहा है तो भारत उसे सहयोग देने के लिये तैयार है गृहमंत्री ने आयुष्मान भारत किसान सम्मान निधि सहित अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि एनडीए सरकार गरीबों और पिछड़ों के जीवनस्तर को बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिये प्रतिबद्ध है

भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्द्वमान रिहाई के बाद पाकिस्तान से स्वदेश आ गये हैं पाकिस्तान ने कल रात उन्हें अटारी वाघा सीमा पर भारतीय अधिकारियों को सौंपा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अभिनंदन की स्वदेश वापसी का स्वागत करते हुए कहा कि उनके अनुकरणीय साहस पर देश को गर्व है रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी विंग कमांडर अभिनंदन की द्रढ़ता और साहस की सराहना की है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्द्वमान की दृढ़ता और साहस की सराहना की इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रदेश के महाविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफसरों की ऑन लाइन काउंसिलिंग कराकर उन्हें बीस मार्च तक तैनात करने का निर्देश दिया है न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खण्डपीठ ने यह निर्देश राज्य सरकार की विशेष अपील निस्तारित करते हुए दिया है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एसोसिएट प्रोफेसरों के चयन के लिये परीक्षा ली थी और उसके परिणाम भी घोषित कर दिये थे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

इसके अलावा श्री मादी एक रैली को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर प्रशासन ने सभी ज़रूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं

राज्य सरकार ने आशा बहुओं और आशा संगिनियों की प्रतिपूर्ति और परिवेक्षण राशि में सात सौ पचास रूपये की बढ़ोत्तरी करने फैसला किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में इस बात की घोषणा की इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में केन्द्र सरकार द्वारा आशा बहुओं और आशा संगिनियों की इस राशि में एक हजार रूपये का इजाफा किया गया था

उन्होंने कहा कि यद्यपि इस बढ़ोत्तरी से राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा लेकिन यह आशा बहुओं के परिश्रम का सम्मान है प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में एक और विश्व रिकार्ड दर्ज किया गया है सबसे ज्यादा संख्या में शटल बसों के एक साथ संचालन के बाद कल सबसे ज्यादा संख्या में लोगों ने अपने हाथों की छाप लगाकर एक दीवार पर पेंटिंग करने का रिकॉर्ड बनाया

मेला क्षेत्र के सेक्टर एक में बने गंगा पांडा में सुबह दस बजे से यह अभियान शुरू हुआ जो शाम छह बजे तक चलता रहा जय गंगे थीम पर बनी इस पेंटिंग में सात हजार छह सौ चौंसठ लोगों ने अपने हाथों के छाप लगाये और इस कार्यक्रम की निगरानी गिनीज विश्व बुक रिकार्ड के निर्णायक मंडल के अधिकारियों ने की पेंटिंग के दौरान नीले केसरिया और पीले रंग का इस्तेमाल किया गया मेला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसके पहले यह रिकॉर्ड दक्षिणी कोरिया के सियोल में बना था जहां चार हजार छह सौ पचहत्तर लोगों ने एक दीवार पर पेंटिंग की थी मंडलायुक्त आशीष गोयल ने बताया कि शटल बसों के संचालन में विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के बाद अब हस्तलिपि चित्रकारी में भी विश्व कीर्तिमान स्थापित होना मेला प्राधिकरण के लिए एक नयी उपलब्धि है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार कुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा विजय संकल्प बाइक रैली निकाली गईं अमरोहा ज़िले के नौगावा विधानसभा क्षेत्र में विजय संकल्प रैली का नेतृत्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व से देश का नाम रौशन हो रहा है उन्होंने दावा किया कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव के बाद पुनः सत्तासीन होगी शामली के थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा ने रैली की अगुवाई की इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांव गांव जाकर केन्द्र सरकार द्वारा किये गये जनकल्याणकारी कार्यो और नीतियों का प्रचार प्रसार किया

इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चूनाव में भाजपा को जिताने का संकल्प दोहराया

इस अवसर पर श्री शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार विकास और स्वाभिमान की नई इबारत लिख रही है